प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तेज करने अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूत करने और किसानों गांवों तथा छोटे कारोबारियों की मदद के लिए मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं

श्री मोदी ने कहा कि सुधारों की प्रक्रिया जारी है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर तथा तकनीकी रुप से उन्नत बनाने की दिशा में मंत्रिमंडल का फैसला एक और कदम है उन्होंने कहा कि इन सुधारों से निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की शुरुआत से पशुपालन क्षेत्र की स्थिति में सुधार होगा इससे मेहनतकश किसानों की आय निवेश और बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी तथा दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को खासतौर से बढ़ावा मिलेगा श्री मोदी ने कहा कि सरकार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋण खातों के लिए ब्याज सहायता योजना को मंजूरी दी है और इससे छोटे कारोबारियों को सहयोग तथा स्थिरता मिलेगी केन्द्र सरकार उड्डयन की दिशा में काफी काम कर रही है और देश प्रदेश के विभिन्न स्थानों को राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जोड़ा जा रहा है कल मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के कुशीनगर में अतंर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्वीकृति प्रदान की गई एक रिपोर्ट भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट को केन्द्रीय कैबिनेट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में मंजूरी मिलने पर न केवल पूर्वांचल अपितू पश्चिमी बिहार के लोगों को भी फायदा होगा कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कुशीनगर एयरपोर्ट को अतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किये है इससे केवल कुशीनगर जिला नहीं तमाम जिले के लोगों को देश विदेश में जाने का एक सुगम व्यवस्था मिला है कुशीनगर का बौद्धसर्किट एरिया पूरे दुनिया के मानचित्र पर एक पर्यटक स्थल के रूप में माना जायेगा कुशीनगर भिक्षु संघ के संयुक्त सचिव बौद्ध भिक्षु डॉ नन्दरतन थेरो ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा बड़ी खुशी की बात है कि कुशीनगर में माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुशीनगर के हवाई अड्डा को अतर्राष्ट्रीय की जो मान्यता प्राप्त की है सभी बौद्धभिक्षुओं में बड़ा हर्ष है और कुशीनगर के आसपास जो कुटीर उद्योग करने वाले है उनको काफी बढ़ावा मिलेगा कुशीनगर में प्रतिवर्ष हजारों विदेशी सैलानी थाईलैंड मलेशिया वियतनाम जापानश्रीलंकाम्यामार कोरिया सहित अनेक देशों से आते है केन्द्र सरकार के इस निर्णय से पर्यटकों को बुद्ध सर्किट में उड़ान की सुविधा तो होगी हीभारी संख्या में यहां रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे विवेक पाण्डेय आकाशवाणी समाचार कुशीनगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आपातकाल के दौरान यातना के शिकार लोगों को आज नमन किया

श्री मोदी ने उनके बलिदान को नमन करते हुए कहा कि देश उन्हें कभी नहीं भुला सकता जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनितिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था जेल की सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था जन जन के दिल में एक आक्रोश था खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी सामान्या जीवन में लोकतंत्र के अधिकारों का क्या मजा है वो तो जब पता चलता है जब कोई लोकतंत्र के अधिकारों को छीन लेता है आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है और इसीलिए देश अपने लिए नहीं एक पूरा चुनाव लोकतंत्र की रक्षा के लिए आहुत कर चुका था

उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक नमूनों की जांच के लिये सभी प्रयोगशालाएं पूरी क्षमता से कार्य करे उन्होंने प्रयोगशालाओं में सभी उपकरणों को क्रियाशील रखने और मानव संसाधन की उपलब्धता बनाये रखने के भी निर्देश दिये श्री योगी आज लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि एक लाख से अधिक चिकित्सकोय परीक्षण टीम कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस व्यवस्था को सक्रिय और सुदृढ़ बनाने क लिये ज्यादा से ज्यादा चिकित्सकोय परीक्षण कार्य किया जाये

प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है

कोविड महामारी के कारण आवेदकों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अन्तर्गत वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के लिये आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का श्रभारम्भ करेंगे

श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं

प्रदेश के अधिकांश जनपदों में वर्षा होने से तापमान में गिरावट आई है आर लोगों को गर्मी से राहत मिली है कई जनपदों में तेज और लगातार वर्षा के कारण जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बलरामपुर जनपद में पिछले तीन दिनों से रूक रूक कर बर्षा होने के कारण निचले क्षेत्रा में वर्षा और जल भराव से लोगों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह वर्षा खरीफ की फसल तैयारी के लिये काफी लाभकारी है वर्षा हो जाने से किसानों ने खेतों की जुताई का कार्य शुरू कर दिया है